सूचना अर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आपरा ट्वीट संदेश माय कयो है कै स्वतंत्र प्रेस आपा रा लोकतंत्र री आधारशिला है

प्रदेश मांय आज कोरोना संक्रमण रा दो हजार एक सौ उनत्तर नुवा मामला सामी आया

उत्तरप्रदेश री राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल आज रणथम्भौर पहुंची